उन्होंने कहा कि रविवार पांच अप्रैल रात नौ बजे नौ मिनट के लिए घरों की बत्तियां बंद करें तथा दीये और मोमबत्ती जलाकर अथवा मोबाइल के फ्लैश लाइट के जरिए देश की सामुहिक शक्ति का परिचय दें घर के दरवाजे पर या बालकनी में खड़े रहकर नौ मिनट के लिए मोमबत्ती दीया ट्रॉर्च या मोबाइल की फ्लैश ताइट जलाएं और उस समय यदि घर की सभी ताइटे बंद करेंगे चारों तरफ जब हर व्यक्ति एक एक दीया जलाएगा तब प्रकास की उस महासाक्ति का अहसास होगा जिसमें एक ही मकसद से हम सब लड़ रहे हैं ये उजागर होगा आज सवेरे एक वीडियों संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि लोग अपने घर में रहे और दिया जलाते समय समूह में एकत्र न हों उन्होंने कहा कि इस आयोजन के समय किसी को भी कही पर भी इकहा नहीं होना है रास्तों में गलियों में या मोहल्लों में नहीं जाना हैं अपने घर के दरवाजे बालकनी से ही इसे करना है सोशल डिस्टेंसिंग सोशल डिस्टेंसिंग की लक्ष्मण रेखा को कभी भी लांघना नहीं है सोशल डिस्टेंसिंग को किसी भी हालत में तोडना नहीं है श्री मोदी ने कहा कि कोरोना की चेन तोडने का यही रामवाण इलाज है श्री मोदी ने कहा कि कोरोना वायरस के कारण लाग किए गए मौजूदा देशव्यापी पूर्णबंदी में लोगों ने अभूतपूर्व अनृशासन और सेवा की भावना का परिचय दिया है प्रधानमंत्री ने कहा कि जिस प्रकार से देशवासियों ने पिछले महीने की बाईस तारीख को कोविड नाइन्टीन के खिलाफ लड रहे लोगों के प्रति अपना आभार व्यक्त किया था वह दूसरे देशों के लिए उदाहरण बन गया है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कोविड नाइन्टीन से निपटने के लिए पांच सुत्री मंत्र दिया है जिसमें संकल्प संयम सकारात्मकता सम्मान और सहयोग शामिल है वे आज नई दिल्ली में विभिन्न खेलों में विशिष्ट योगदान देने वाले चालीस प्रमुख खिलाडियों के साथ बातचीत कर रहे थे इनमें अन्य खिलाडियों के अलावा भारत रत्न सचिन तेंडलकर बीसीआई अध्यक्ष सौरम गांगली महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल और बैडमिंटन खिलाडी पीवी सिंध शामिल थीं श्री मोदी ने कहा कि खिलाडियों ने राष्ट्र का गौरव बढ़ाया है उन्होंने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में उन्हें सकारात्मक भावना का प्रसार करते हुए राष्ट्र का नैतिक बल वढाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी है हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व की सराहना करते हुए खिलाडियों ने रचनात्मकता और सुरक्षित दूरी बनाए रखने के संदेश के प्रसार का संकल्प व्यक्त किया प्रदेश में तब्लीगी जमात के उन सदस्यों के खिलाफ राष्ट्रीय स्रक्षा अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है जिन्होंने एमएमजी जिला अस्पताल गाजियाबाद में कल महिला नर्सिंग स्टाफ के साथ दर्वयवहार किया था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि जमात के सदस्यों के साथ कोई महिला पुलिसकर्मी और नर्सिंग स्टाफ न लगाया जाए मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर कोई क्वारंटीन से भागता है तो जिले के डीएम और एसएसपी जिम्मेदार माने जायेगें इस बीच राज्य सरकार ने कोविड केयर फंड की स्थापना की है जिसमें कोई भी आर्थिक मदद करके कोरोना के खिलाफ जंग में राज्य सरकार की मदद कर सकता है मुख्यमंत्री ने आज विभिन्न पेंशन स्कीम के छियासी लाख से ज्यादा लाभार्थियों के खातों में सीधे आठ सौ इकहत्तर करोड रुपये से ज्यादा की रकम भेजी केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री जनवन योजना से जुड़ी प्रत्येक महिला खाताधारक के लिए इस महीने पांच सौ रूपये की एकमुश्त राशि जारी की है ये राशि कल उनके खाते में जमा करा दी गई हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अंतर्गत प्रत्येक महिला को हर महीने पांच सौ रूपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की थी यह राशि तीन महीनों के लिए दी जानी है केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने नोवल कोरोना वायरस के फैलने की रोकथाम के लिए लागु किए गए इक्कीस दिन के देशव्यापी लॉकडाउन के तहत कृष्ठ और सेवाओं को छूट दी है इनमें कृषि उत्पादों की सीधी बिक्री आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आयुष से संबंधित स्वास्थ्य सुविधाओं को लॉकडाउन से छूट की सूची में रखा गया है देश में कोविड नाइन्टीन के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सामाजिक दूरी बनाए रखने व्यक्तिगत साफ सफाई और समृह में एकत्र न होने का परामर्श जारी किया है लोगों को अपनी आंख नाक और मृंह को छने से बचने और लगातार हाथ साफ करते रहने को कहा गया है खांसी या दुखार से पीडित व्यक्तियों को दुसरों के सम्पर्क में आने से बचने को कहा गया है स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए टोल फ्री नम्बर एक शुन्य सात पांच जारी किया है प्रदेश सरकार ने भी हेल्पलाइन नम्बर जारी किया है यह नम्बर है एक आठ शन्य शन्य एक आठ शन्य पांच एक चार पांच लोग मुख्यमंत्री हेल्पलाइन एक शुन्य सात छ पर भी फोन कर के कोरोना से जुड़ी कोई भी जानकारी या समस्या साझा कर सकते